अपने एक संबोधन में महात्मा गांधी नेउद्योगपतियों से आग्रह किया था कि वे अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से गरीबों के साथ धोखा न करें

वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन वैभव का कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में भारत ने कई महत्वपूर्ण अग्रणी अंतरिक्ष सुधार किए हैं जो उद्योग जगत और विद्वानों दोनों को अवसर मुहैया कराते हैं प्रधानमंत्री ने युवाओं को भी विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने किसानों की मदद के लिए हम अव्वल दर्जे का वैज्ञानिक अनुसंधान चाहते हैं हमारे कृषि अनुसंधान वैज्ञानिकों ने दाल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है जिससे हमारा अन्न उत्पादन रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा है सीएम निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग को धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों और माफिया तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कल कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि अपराधी तत्वों के खिलाफ लगातार कार्यवाही होनी चाहिए और उन्हें किसी भी सुरत में बख्शा न जाये श्री चौहान ने प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था बनाये रखने को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि अपराधियों के मन में कानून का खौफ होना चाहिए बैठक में गृहमंत्री और अन्य अधिकारी उपस्थित थे अटल सुरंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे

लगभग नौ किलोमीटर लंबी यह सुरंग मनाली को लाहौलस्पीति घाटी से जोड़ती है इससे पहले भारी हिमपात के कारण इस घाटी से संपर्क लगभग छह महीने के लिए बाधित हो जाता था इस सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी छियालिस किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा समय में चार से पांच घटे कम लगेंगे गांधी जयंती केन्द्रीय संस्कृति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के संदेश आज भी प्रासंगिक है और समाज को प्रेरणा दे रहे हैं उन्होंने कल गांधी जयंती पर बापू को श्रद्वांजलि देते हए कहा कि सेवा समर्पण और दृढ़ इच्छाशक्ति से महात्मा गांधी ने देश की कई पीड़ियों के विचारों को प्रभावित किया है

जिसमें संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों कर्मचारियों और सभी एजेंसियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया इस दौरान बापू के संदेश का देश और दुनिया में प्रचार प्रसार हुआ है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में बापू के बताये मार्ग से महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा

भाजपा ने कल से बूथ सम्मेलन की शुरूआत की है इन सम्मेलनों में मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज सांवेर विधानसभा में सम्मेलनों को संबोधित करेंगे वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ देवास जिले के हाटपिपलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे उधर प्रशासनिक स्तर पर आचार संहिता को लेकर जागरूक करने प्रशिक्षण और चुनाव संबंधी समितियों के गठन की प्रकिया शुरू की गयी है मंदसौर जिले के सुवासरा में ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई वहीं उज्जैन रेंज के आईजी और डीआईजी ने सुवासरा क्षेत्र का दौरान किया ग्वालियर जिला निर्वाचन अधिकारी ने तीन विधानसभा सीटों के लिए सर्विलांस टीमों का गठन किया है आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए तीन दल गठित किये गये हैं इन्दौर जिले के सांवेर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जहां उपचुनाव संबंधी शिकायतों का निराकरण किया जायेगा आगरमालवा में मतदाता जागरूकता के लिए स्विप प्रचार रथ रवाना किया गया है आज पीठासीन और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा

सागर में कल एक संक्रमित की मौत हो गयी

पुलिस कार्यवाही नरसिंहपुर जिले के चिचली थाना क्षेत्र में एक महिला के दुष्कर्म और आत्महत्या के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और गाडरवारा एसडीओपी को हटाने के निर्देश दिये हैं वहीं रिपोर्ट न दर्ज करने के सिलसिले में गोटीटोरिया चौकी के प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है पीड़िता के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों पर शिकायत के बावजूद कार्यवाही न किये जाने का आरोप लगाया था

पहले मैच में आब्धाबी में रॉयल चैलेन्जेर्स बंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा मैच साढ़े तीन बजे से शुरु होगा दूसरा मुकाबला शारजाह में डेल्ही कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा

आयकर विभाग भी इस संबंध में जांच कर रहा है